मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समाचारों को शीघ्रता से लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को अधिक से अधिक प्रयोग पर बल दिया है शिमला में आज सूचना व जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि संचार के वर्तमान युग में मीडिया की भूमिका अहम है जयराम ठाकुर ने बताया कि विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के प्रचार व प्रसार के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए इसके अलावा विकासात्मक लेख और सफलता की कहानियां इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए उन्होंने विभाग में नयापन लाने के लिए विभिन्न राज्यों के जनसम्पर्क विभागों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने पर भी बल दिया मुख्य सचिव अनिल खाची ने प्रदेश सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी प्रचार के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए सूचना व जनसम्पर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन ने विभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी पंचवटी इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का श्भारम्म किया इस योजना के तहत सभी विकास खंडों में आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और बागीचे विकसित किए जाएंगे इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि योजना का मुख्य उदेश्य वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और बागीचों की सुविधा उपलब्ध करवाना है उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में राज्य के विभिन्न स्थानों पर करीब सौ पार्क विकसित किए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है और ये योजना इस दिशा में किया गया एक प्रयास है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कवर ने ऊना से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया

उन्होंने तय रूपरेखा के मुताबिक अधिक से अधिक लोगों को रैली से जोड़ने पर बल दिया सुरेश भारद्वाज ने कोरोना महामारी को देखते हुए आने वाले समय में कार्यकर्ताओं से स्थिति के अनुरूप चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने का भी आहवान किया महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकर ने कहा है कि कांग्रेस कोरोना संकट में सहयोग देने की बजाए राजनीति करने का काम कर रही है मंडी में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास सरकार पर आरोप लगाने के सिवाए कोई और काम नहीं है महेंद्र सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि वैंटिलेटर खरीद मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है बिक्रम ठाकुर इस बीच उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कहा है कि विपक्ष को आलोचना करने का पूरा अधिकार है लेकिन सरकार पर तथ्यों के बिना आरोप लगाने पर कांग्रेस को आपराधिक कार्रवाई को तैयार रहना होगा कांगड़ा जिले के ढलियारा में पत्रकार वार्ता में उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने वैंटिलेटर की खरीद में पारदर्शिता का पूरा पालन किया है और विपक्ष के किसी प्रमाण पत्र की सरकार को जरूरत नहीं है सशक्तिकरण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है कांगड़ा जिले के शाहपुर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर कौशल विकास प्रशिक्षण देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई योजनाएं आरम्भ की गई हैं उन्होंने इस दौरान महिला मंडलों को चैक और मास्क भी वितरित किए जायजा राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कांगड़ा ज़िले में आज कोविड केयर सेंटर डाढ़ में व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने कहा कि इस केंद्र में रखे जा रहे सभी मरीजों का सरकार द्वारा विशेष ध्यान रखा जा रहा है उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस से डरने की नहीं बल्कि सजग रहने की जरूरत है

आज सोलन जिले में दो जबकि सिरमौर ज़िले में एक नए मामले की पुष्टि हुई है

भरमौर उपमंडल में परियोजना सलाहकार समिति की बैठक में विधायक जियालाल कपूर ने ये जानकारी दी

उन्होंने कहा कि पैकेज बनाते समय सरकार ने विभिन्न सैक्टर के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा की है अनुराग ठाकुर ने कहा कि मध्यम सूक्ष्म और लघु उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इनकी परिभाषा में बदलाव किया है नई परिभाषा में मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की बिक्री सीमा को बढ़ाया गया है

गोविंद ठाकुर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए नई विद्युत संचालित बसे जल्द खरीदी जाएंगी शिमला में एक बैठक में उन्होंने बताया कि प्रदेश के बैरियरों को हाईटैक करने के साथ साथ ब्लैक स्पॉटस को भी चिन्हित किया जाएगा इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिल सकेगी गोविंद ठाकुर ने कहा कि बजट घोषणाओं को पूरा करने के उदेश्य से परिवहन विभाग सभी प्रयास कर रहा है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने सेब सीजन के लिए नेपाल से श्रमिक लाने की बात कही है उन्होंने मुख्यमंत्री से नेपाली मजदूरो को लाने के लिए भारत नेपाल सीमा से परिवहन निगम की बसों की निशुल्क व्यवस्था करने की मांग की विक्रमादित्य सिंह प्रदेश कांग्रेस महासचिव व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कोरोना काल में राज्य में विकास पूरी तरह ठप्प है और सरकारी आदेशों के बावजूद ठेकेदार विकास कार्य शुरू नहीं कर रहे हैं शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि अधिकारी कोरोना का हवाला देकर काम शुरू करने से आनाकानी कर रहे हैं और जनता से जुड़े हुए विभागों के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए उन्होंने काम शुरू न करने वाले ठेकेदारों को भी ब्लैकलिस्ट करने की मांग की उन्होंने प्रदेश में प्रभावित पर्यटन कारोबार को उबारने के लिए राहत पैकेज घोषित करने की भी मांग की विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की अधिकारियों पर पकड़ कमजोर है और उनके निर्देशानुसार काम नहीं हो रहे हैं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित लेन देन मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग भी दोहराई लाहौल मौसम लाहौल स्पिति ज़िले में पिछले कुछ समय से वर्षा न होने से सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है घाटी में बादल छाए रहने और ठण्डी हवाएं चलने से जून माह में भी ठण्ड का एहसास हो रहा है

इस बीच राज्य के अन्य भागों में आज मौसम साफ बना रहा

आपदा मॉनसून के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर आज मंडी में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने समीक्षा बैठक की उन्होंने आपदा से निपटने के लिए विभागों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए उपायुक्त ने कहा कि बरसात के दौरान ज़िले में अति संवेदनशील क्षेत्रों को पहले ही चिन्हित किया गया है और लोक निर्माण विभाग को इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है